दीपावली के अवकाश में प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार उदयपुर में देशी विदेशी पर्यटकों की भारी आवक झालावाड़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनाए जा रहे है कई नए तौर तरीके राज्य में सर्दी का असर बरकरार

श्री जेटली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था नोटबंदी के दो वर्ष पूरा होने के मौके पर श्री जेटली ने फेसंबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से काला धन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भुगतान करके काले धन को सफेद करना था उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नगदी पर आधारित है और नोटबंदी से लोगों को नगद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी श्री जेटली ने कहा कि जमा की गयी और लोगों के पास मौजूद नगदी का पता लगने से सत्रह लाख बहत्तर हजार खाताधारी संदेह के दायरे में आ गये जिनसे ऑनलाइन जवाब मिल चुका है श्री जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नगदी लेन देन बड़ी हद तक कम हो गया

वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के असर से व्यक्तिगत आयकर की वसूली भी बढ़ी

एक बयान में श्री सिंह ने कहा कि छोटे और मझोले व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और वे नोटबंदी से अभी तक नहीं उबरे हैं नोटबंदी का रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा है क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी तक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या से जूझ रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि आर्थिक नीतियों में निश्चितता और पारदर्शिता बहाल करे

आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में सुक्ष्म लघ् और मझोले उद्यम मंत्रालय में सचिव अरुण क्मार पांडा ने बताया कि इन उद्योगों से रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर मिलते हैं अभी तक एक करोड़ से ज्यादा उद्यम जीएसटी नेटवर्क में रजिस्टर हो चुके हैं एमएसएमई पोर्टल समाधान के बारे में जानकारी देते हुए श्री पांडा ने कहा कि इससे इन उद्यमों को भुगतान में देरी की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का इस क्षेत्र की समस्याएं हल करने का पक्का इरादा है

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बाहरी वाणिज्यिक ऋण संबंधी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है इसके अतिरिक्त हेजिंग के लिए अनिवार्य अवधि दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है गैर बैंकिंग संस्थाओं से कर्ज लेने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है

यह खर्च उम्मीदवार और उसका राजनीतिक दल उठायेगा यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद की गयी है विधानसभा चुनावों के लिये पार्टी के चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है लेकिन उम्मीदवार का खर्च बीस से अट्टाईस लाख रुपये के बीच होना चाहिये निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि नामांकन भरने के बाद आपराधिक मामले की स्थिति बदल जाती है और उम्मीदवार चाहे तो चुनाव अधिकारी को बदली हुई स्थिति की जानकारी दे सकते हैं तथा नई स्थिति प्रकाशित करा सकते हैं

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इस सद्भाव के लिए संयुक्त राष्ट्र का आमार व्यक्त किया है यह टिकट संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डाकघर के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्य हैं

आज के दिन अधिकांश मन्दिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसमें श्रद्वालुओं को अन्नकूट की प्रसादी वितरित की जाती है राजधानी जयपुर के गोविन्द देवजी मन्दिर और वैशाली नगर स्थित अक्षरधाम मन्दिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया जयपुर के आनन्द कृष्ण बिहारी मंदिर के महंत ने बताया कि अन्नकूट के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए राजसमंद में इस अवसर पर नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए प्रदेश सहित पडौसी राज्यों तथा दूर दराज के पर्यटक भी बड़ी संख्या में आकर जमे हुए है

करौली में बृज क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार गोवर्धन पूजा की गई इसमें बड़ी संख्या में पुरूष और महिलाओं ने भाग लिया झालावाड़ के विभिन्न कृष्ण मन्दिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ और गौशालाओं में गौ पूजन किया गया जालौर जिले में गोवर्धन पूजा के मौके पर गौशालाओं में गायों के सींग पर रंग लगाकर सजाया गया चूरू में आज सुबह परम्परागत तरीके से गोवर्धन पूजा की गई महिलाओं ने घर के मुख्य द्वार पर गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर रीति रिवाज से पूजन किया

जो त्यौहार के साथ पर्यटन स्थलों के सौंदर्य का भी आनन्द उठा रहे है जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बूंदी के अलावा झीलों की नगरी उदयपुर सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है

निर्वाचन विभाग विभिन्न माध्यमों के जरिये लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहा है झालावाड़ जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के मुख्यालय से आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा स्थानीय भाषा में लोकगीत के माध्यम से शत प्रतिशत मतदान के प्रयास किए जा रहे है

दौसा में भी सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है